केन्द्रीय ग़हमंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नकारते हए कहा है कि विपक्ष लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यक्त की गई निष्ठज्ञ को समझते में नाकामयाब रहा है

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सत्ता मे रहते दस साल कभी अविशवास प्रस्ताव पेश नहीं किया कयूंकि पार्टी यह समझ रखती थी कि कांग्रेस को जनमत मिला है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर देश का रूतबा बढ़ाया है और देश अब निवेश के लिए बेहतर माना जाने लगा है उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के कल्याण के बारे मे श्री मोदी जैसा व्यक्ति की सोच सकता है जो गरीब परिवार में पैदा हआ है भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं के बारे बोलते हए ग़हमंत्री ने कहा कि राज्यों को इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने को कहा गया है

उन्होंने आंध्रप्रदेश के लोगों को राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का आशवासन दिया इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने सरकार पर लोगों के साथ लुभावने वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री दो करोड़ नौकरियों की जगह चार लाख लोगों को ही रोज़गार देने की कामयाब रहे है अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एआईएमटीसी के आहवान पर ट्रक मालिकों ने आज राष्ट्रव्यापी अनिश्चित हड़ताल शुरू कर दी है

कल देर रात सरकार के साथ बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहंचा जा सका इसलिये एआईएमटीसी ने आज सबेरे से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है प्राप्त खबरों के अन्सार क्छ जगहों को छोड़ हड़ताल बेअसर रही है क्यूकि ट्रक मालिकों को क्छ समाधान निकालने की उम्मीद है

जींद में आज यह जानकारी देते हए मिल के प्रबंधक निदेशक अश्विनी मलिक ने बताया कि इस सत्र में गन्ने का सबसे अधिक भ्गतान गोहाना की चीनी मिल ने किया है और भ्गतान में सबसे पीछे पानीपत चीनी मिल रही है उन्होंने बताया कि इस सत्रमे दस सहकारी चीनी मिलों में किसानों दवारा गन्ने की आपूर्ति की गई और पूरे प्रदेश में इन दस मिलों ने चार सौ पचपन लाख सताईस हजार क्विंटल् गन्ने की पिराई की करनाल जिले के अंजनथली में बन रहा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविदयालय किसानों की आय दुनी करने की विशेष भ्रमिका निभायेगा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अजय सिंह ने बताया कि यहां किसानों को वैज्ञानिक नई तकनीकों से फायदें की खेती करने के तरीके बतायेंगे जिससे उन्हें कम लागत प अधिक आय हो सकेगी उन्होंने कहा कि यहां युवाबागवानी में शोध भी कर सकेंगे जिससे उन्हें स्व रोज़गार के अवसर मिलेंगे

साथ ही किसानों की संरक्षित खेती के लिए विश्व बैंक दवारा भी पांच करोड़ रूपये दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि देश के इस चौथे बागवानी विश्वविदयालय का निर्माण कार्य श्रू हो गया है और निर्धारित समय से पहले इसे प्रा कर लिया जायेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीज़नल आऊटरीच ब्यूरों दवारा प्रदेश का बढ़ता जाता विश्वास साफ नीयत सही नीयत सही विकास के नाम से सोनीपत से पंचायत भवन मे आज से पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शन लगाई गई जिसका उदघाटन जिला परिषद के अध्यक्ष मीना नरवाल ने किया इस मौके पर श्रीमती नरवाल ने कहा कि गत चार सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है देश में सभी वर्गो के विकास के लिये कार्य किये गये है साढ़े बारह लाख किसानों को मुदा स्वास्थय कार्ड जारी किये गये है तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जरिये देश की करोड़ो महिलाओं तक गैस सिंलिडरे पहुंचाये गये और नारी शक्ति के विकास के लिये अनेकों कार्य किये गये है

हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा विभाग ने सभी संमद्व अधिकारियों को प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति के लिए पीजीटी तथा हेडमास्टर्स से बीस दिनों के भीतर आवेदन भैजने को कहा है

एक विभागीय प्रवकता ने आज चंडीगढ़ में बतायाकि पदोन्नति का केस भेजते समय आवेदक की निजी फाइल दस सालों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रिकार्ड के साथ भेजी जाये उन्होंने स्पष्ट किया है कि सेवाम्क्त हो च्के पीजीटी और हेडमास्टरों के तरक्की के मामले न भेजे जाये कृषि एवं कल्याण विभाग के निदेशक डी के बेहरा ने कहा है कि प्रदेश का जो गांव फसलों के अवशेष नहीं जलायेगा सरकार उसे प्रस्कृत करेगी साथ ही सरकार ऐसे किसानों को भी प्रस्कृत करेगा जो खेतों में फसल अवशेष जलाने की बजाय आध्निक कृषि मशीनों से मिट्टी में मिलायेंगे कृषि विज्ञान केनद्र अम्बाला में आज कृषि विभाग द्वारा किसानों और राजस्व विभाग के कर्मियों के लिये आयोजित फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री बेहरा ने कहा कि पराली प्रबंधन के आध्निक कृषि यंत्र हर छोटे बड़े किसान को उपलब्ध है इसके लिये हर वर्ष प्रदेश मे नौ सौ कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये जा रहे है

मोरनी में हुए सामूहिक द्ष्कर्म मामले मे जो भी व्यक्ति दोषी होगा तथा इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आयेंगे उनके खिलाफ संख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी पंचकूला के पुलिस उपायुक्त राजेन्द्र क्मार मीणा ने पंचकूला में आयोजित प्रेसवार्ता मे कहा कि इस मामले मे किसी व्यक्ति की सहभागिता पाई गई तो उसके विरूद्व भी कार्रवाई होगी

एक प्रश्न के उतर में श्री मीणा ने कहा कि मोरनी के चौकी प्रभारी मांगे राम व सिक्योरिटी एजेंट व रात के समय डयूटी पर तैनात माहिला एस आई सरस्वती पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंवित कर दिया गया है

प्रशासन की प्राथमिकता पीडि़त को न्याय सुरक्षा और पारिवारिक वातावरण देना है और सिविल सर्जन के सहयोग से वहां लेडी डाक्टर की व्यवस्था की गई है

साथ ही चौकी और होटल मालिकों को आने वाले लोगों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने के भी आदेश दिये गये है और मोरनी थाने को चौकी में तब्दील करने की प्रक्रिया भी जारी है राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व आईजी रणबीर सिंह शर्मा ने मोरनी में हई सामूहिक द्वष्कर्म की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है उन्होंने कहा कि हरियाणा के म्ख्यमंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट से यह साफ होता है कि हरियाणा द्षकर्म मामले बढ़े है आईपीएस रणबीर सिंह शर्मा ने कहा कि मोरनी में हुई घटना के लिये प्लिसिया तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं